केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में होम्योपैथी की अहम भूमिका

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

देश में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टीका उत्सव को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कोविड मामलों में बढ़ौतरी के दृष्टिगत कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही इस बीच सोलन के उपायुक्त के सी चमन ने बताया कि टीकाकरण महोत्सव के दौरान सौ केन्द्रों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी

उधर हमीरपुर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि इस उत्सव के दौरान आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित पंचायतों के जनप्रतिनिधि लोगों को घर घर जाकर जागरूक करेंगे हर्षवर्धन केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि होम्योपैथी देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आध्निक चिकित्सा प्रणालियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के उपचार केन्द्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आये उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का विकास करने आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थाओं की क्षमता बढाने का भी लक्ष्य रखा गया है इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के तहत केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है

बिक्रम ठाक्र ने आज जसवां परागप्र विधानसभा क्षेत्र की कलोहा पंचायत में महिला मोर्चा व किसान मोर्चा सहित विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही उन्होंने सभी पदाधिकारियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहंचाने का आहवान भी किया सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में अथक परिश्रम और बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और इन चुनावों में सभी ने एकजुटता से कार्य किया है सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी अपनी आगामी रणनीति पर जल्द ही विचार विमर्श करेगी साधना ठाकुर प्रदेश रैड क्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी से सहयोग की अपील की है मंडी ज़िला प्रशासन और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा थुनाग में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित आज एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से स्कूलों कॉलेजों व विश्वविद्यालयों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रहने के बारे में जागरूक किया जा रहा है

प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति रवि मलीमथ के मार्ग दर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है

राठौर ने सरकार से किसानों बागवानों के लिए उर्वरकों कीटनाशकों सहित अन्य आवश्यक उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग भी की उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापिस नहीं लेती तो प्रदेश कांग्रेस किसानों बागवानों के हितों के लिए आंदोलन भी करेगी चंबा अभियान चंबा जिले के अनछ्ए पर्यटन स्थलों से पर्यटकों को रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सुजित करने के उददेश्य से चलो चंबा अभियान चलाया जा रहा है

दुनीचंद राणा ने बताया कि चंबा के मेलों और जातरों को भी चलो चंबा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा वहीं नोएडा से रैली के प्रतिभागी कुशल मजूमदार और बिलासपुर के प्रतिभागी प्रणब सिंह ने इस आयोजन के लिए ज़िला प्रशासन का आभार जताया

इस अवसर पर विधायक पवन नैय्यर ने कहा कि इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस मेले के दौरान सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा